भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई ने आज जारी की गई अ नी दविमासिक मौद्रिक नीति में ब्याज की हले वाली दरें ही बरकरार रखी है

मौद्रिक नीति समिति के जहां एक जरूरी हो मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वर्ष के लिए उदार रूख बनाए रखने का फैसला किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्णायक चरण में प्रवेदश कर रही है

उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक नकदी और आवास वित्तीय शर्तो तक बाज़ार प्रतिभागियों की हंच को सुनिश्चित करने के लिए सभी उधाय करने को तैयार है

उन्होंने कहा कि जबतक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें मास्क हनना हाथ धोना व सामाजिक द्वरी का शालन करना है और दो गज की द्री बनाये रखनी है

फरीदबाद से हमारे संवाददाता ने दो कोविड मरीज़ों की मृत्य् होने की खबर दी है स्वास्थ्य विभाग के अन्सार अम्बाला रोहतक यम्नानगर और भिवानी में एक एक जबकि शानीशत और झज्जर में दो दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु हुई है हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर देश अव्यवस्था फैलाना चाहती है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की अदायगी सीधे की जायेगी कृषि कानूनों के क्ष में आज भिवानी जिले के सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर जागरूक्ता रैली निकाली इस मौके र भिवानी महेन्द्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने ख्द ट्रैक्टर र सवार होकर इन किसान जागरूकता ट्रैक्टर रैली को रवाना किया उन्होंने कहा कि नये कानून बनाने के बाद देश के किसानों को यह छूट मिल गई है वे अ नी फसल मंडी या उसके बाहर अ नी इच्छा से बेच सकते है

जगाधरी मंडी में इस योजना का शुभारंभ करते हये उ ायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि खाने व चाय का प्रबंध आढ़तियों व सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है प्रदेश की अन्य मंडियों में भी ये स्विधा उ लब्ध करवाई जायेगी

मास्क हनना है जरूरी रखे दो गज की दूरी कोरोना वायरस से खुद को और अधने आस धास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का शालन करें यह आशकी समाजिक जिम्मेदारी भी है हरियाणा रिमंडल की मुख्य ोस्ट मास्ट जनरल रंजू प्रसाद ने आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरूआत र कहा कि डाक विभाग ने कोविड काल में जन सेवा में अभूत र्व योगदान दिया है

उन्होंने अब तक सैकड़ों टन जरूरी दवायें पीपीई किट और वेंटीलेटर जरूरतमंदों तथा अस्पतालों तक शहंचाये है

उन्होंने बताया कि कल बच बैंक मेले का आयोजन किया जायेगा जिसमें इंडिया ोस्ट ोमेंट बैंक की विशेषताओं और नई स्विधाओं के बारे में जनता का बताया जायेगा

उन्होंने बताया कि बच्चों व शिक्षकों को दिक्कत न हो इसलिए आठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट सर भी डाल दिया गया है उन्होंने कहा कि अध्या कों को भी बच्चों को इसी ाठ्यक्रम के हिसाब से प्रढ़ाने को कहा गया है

प्लिस प्रवक्ता के अन्सार यह नशीला दार्थ नागालैंड के नंवर वाले एक ट्रक में उड़ीस से होडल के रास्ते लाया जा रहा था तलाशी के दौरान ट्रक से गांजा त्ती से भरे प्लास्टिक के बैग मिले गिर फ्तार व्यक्तियों की हचान भाजलाका निवासी मोहम्मद अज़रूददीन और साकरस निवासी तारीफ के तौर र हई है हरियाणा के खेल मंत्री संदी ने प्रदेशभर के खेल प्रशिक्षकों को आहवान किया है कि वे खिलाडियों को अभ्यास के दौरान या मैच से हले मानसिक रू से मजबूत करने के लिए उनसे बातचीत करे और यदि किसी खिलाड़ी को रेशानी हो तो उसका हल करने का प्रयास करें खेल राजय मंत्री आज ांचकूला स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में वर्च्अल माध्यम से खिलाडिय़ों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे